श्री योगी ने आज गोण्डा में जिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित कोविड नाइन्टीन अस्पताल का लोकार्पण किया उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का बेहतर उपचार मरीजों को दिया जा रहा है नये कोविड अस्पताल के संचालन से देवीपाटन मण्डल के चारो जिलों के अलावा आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को आध्निक तकनीक वाली मशीनों और क्शल चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार शीघ्र मिल सके गा उन्होंने कहा कि करीब बत्तीस करोड की लागत से निर्मित तीन सौ बेड वाले इस अस्पताल में एक सौ इकसठ शैय्या कोविड अस्पताल में आरक्षित की गयी हैं देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब छिहत्तर दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है क्ल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग साढे तीन गुणा लोग ठीक हो चुके हैं पिछले तीस दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का शत प्रतिशत है अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण पच्चीस लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में छप्पन हजार से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ हए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि क्ल संक्रमित लोगों में से केवल शृन्य दशमलव दो नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र दो प्रतिशत लोग आईसीयू में हैं मृत्यू दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव आठ तीन प्रतिशत पर आ गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है हमारे संवाददाता से बात करते हए नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने संक्रमण की श्रंखला तोडने के लिए सभी लोगों से सुरक्षित दरी बनाए रखने की अपील की अपने बुजुर्गों का ख्यात रखना अतग रखना दूरी बनानी लेकिन सोसली उनको इमोशनती उनको दूर नहीं करना और किसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वकर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं ताईन में खड़े हो रहे हैं शॉप पर हैं वकरलेस पर हैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में यह भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हाथ को सेनेटाईज करना है दिल्ली के गोविंद वल्लभ पत अस्पताल के डॉ संजय पांडेय ने मास्क के उपयोग के बारे में लोगों से कहा कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग जरूर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई कराते समय पूरी साक्षानी बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाए किए जाएंगे एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमकिता है उन्होंने परीक्षा के दौरान सुरक्षित दृशी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन कराने का आश्वासन दिया नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए अब तक नौ लाख चौरान्नबे हजार उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं जेईई मेन के लिए करीब साढ़े सात लाख उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं करीब आठ लाख पचास हजार उम्मीदवारों ने जेईई मेन के लिए पंजीकरण कराया है जबकि पन्द्रह लाख उम्मीदवारों ने नीट अंडर ग्रेज्एट के लिए पंजीकरण कराया है नीट की परीक्षा तेरह सितंबर को होगी जेईई मेन की परीक्षा पहली से छह सितम्बर तक होगी प्रदेश में हो रही वर्षा तथा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और कई जनपद बाढ़ से प्रमावित है राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश में उन्नीस जनपदों के नौ सौ बाईस गांव बाढ़ की चपेट में हैं जिनमें से पांच सौ इकहत्तर गांव जलमग्न है प्रभावित जनपदों के नाम है अम्बेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरिया फर्रूखाबाद गोण्डा गोरखपूर कासगंज लखीमपुर खीरी कशीनगर मऊ संतकबीरनगर शाहजहांपुर श्रावस्ती तथा सीतापुर शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं सरय नदी बाराबकी एलिनब्रिज और अयोध्या तथा बलिया के तूर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बनी हई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को हुई क्षति का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र ही कृषि निवेश अनुदान देने के निर्देश दिये हैं इस दौरान मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिन राज्य में गरज चमक के साथ बारिश होने की संमावना व्यक्त की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम की अपेक्षा बारिश का प्रमाव अधिक रहने के आसार है